उन्नीस सौ उन्वास में इसी दिन संविधान को मंजूरी दी गयी और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को इसे लागू किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है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 राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान स्वतंत्र भारत को आधुनिक और भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सजीव दस्तावेज है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 उन्होंने कहा कि यह संकट के समय इन सबको दिशा निर्देश देता रहा है और पिछले सात दशकों से एक बड़ी ताकत बना हुआ है कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धर्म जाति समुदाय आर्थिक सम्पन्नता या साक्षरता का भेद किए बिना एक आम भारतीय का देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना भारतीय संविधान की विशेषता है संविधान दिवस पर ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय दायित्व है कि लोग अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में संविधान के मुलभूत उद्देश्यों को अपनाएं श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि देश संविधान सभा की महान विभूतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्वता व्यक्त की है

उन्होंने बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा महिला बाल विकास सहित अन्य सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वह इसके लिये टीम भावना के साथ कार्य करें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अड़तीस जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी के खिलाफ अभियान चलाया गया था जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है उन्होंने कहा कि खसरा तथा रूबेला टीकाकरण का यह अभियान देश का सबसे बड़ा अभियान है इकतालिस करोड़ बच्चे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे आज मुंबई हमले की दसवीं बरसी है इस अवसर पर मुंबई हमले के शहीदों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गई दो हजार आठ में आज ही के दिन दस सशस्त्र पाकिस्तानी आतंकवादी अरब सागर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे और शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले किये थे इन हमलों में एक सौ छाछठ लोगों की मौत हो हुई थी और तीन लोग घायल हुए थे दक्षिण मुंबई के पुलिस जिमखाना में आयोजित शोक सभा में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों ने भाग लिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुम्बई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी है श्री कोविंद ने कहा है कि भारत न्याय सुनिश्चित करने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुम्बई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कृतज्ञ राष्ट्र मुम्बई हमले के दौरान आतंकवादियों से बहाद्री से लड़ने वाले पुलिस और सुरक्षा बलों को नमन करता है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है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 एक ट्वीट में कर्नल राठौड़ ने कहा कि यह दुखद दिन लोगों को हमेशा ही एकजुट रहने और भारत को पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का स्मरण कराता रहेगा फिल्मों के श्रेष्ठ लेखक सलीम खान को सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा गोवा में आयोजित उन्वासवें फिल्मोत्सव के समापन समारोह में अट्ठाईस नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज एक तेज रफ्तार कार और बस की टक्कर में कार में सवार चार लोगों की मृत्यु हो गयी तथा आठ अन्य लोग घायल हो गये घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस सूत्रों के अनुसार कार सवार दिल्ली की ओर जा रहे थे जबकि बस कन्नौज से आगरा जा रही थी